न्याय में देरी को समाप्त करना न्याय को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है मध्यप्रदेश के जबलपुर में अखिल भारतीय न्यायिक अकादमी निदेशकों के समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह बात कही श्री कोविंद ने कहा कि न्यायिक और अर्द्व न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को विशेषकर जिला अदालतों में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में हजारों अदालतें कम्प्यूटरीकृत हो गई हैं कार चालक एयरबैग केन्द्र सरकार ने अब कारों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष एक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नये मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये भी एयरबैग की व्यवस्था करनी होगी इकतीस अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयरबैग फिट करना होगा चालक के साथ वाली यात्री सीट पर एयरबैग न होने से दुर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है मंत्रालय की अधिसूचना सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है कोरोना टीकाकरण देश में अब तक एक करोड़ चौरानवे लाख संतानवे हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव नौ आठ प्रतिशत हो गई है अब तक कोविड से एक करोड़ आठ लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं इधर छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है अब तक राज्य में विभिन्न श्रेणियों के लगभग पांच लाख बयासी हजार लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है पेश है एक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में अब तक चार लाख आठ हजार से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है इसके साथ ही एक लाख तीन हजार से अधिक स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को इस वैक्सीन का दूसरा डोज भी दे दिया गया है

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर कोरोना विशेषज्ञ डॉक्टर सलाह इस बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के पल्मोनरी मेडिसीन के विशेषज्ञ डॉक्टर आर के पांडा ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे आसान उपाय यह है कि जैसे ही सर्दी खांसी बुखार के लक्षण दिखे तो वे तत्काल कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टरों की सलाह से ही दवाई लें उन्होंने कहा कि लोग कई बार लापरवाही या डर से भी जांच कराने से बचते हैं जो कि घातक साबित हो सकता है वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने बताया कि अभी साठ वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों की मृत्यु अधिक हो रही है इसलिए युवाओं को अपने बुजुर्ग परिजनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए उन्होंने कहा कि सर्दी बुखार थकावट गंध न आना आदि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करानी चाहिए यदि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाएं और तब तक पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन स्तर नापते रहें पंचानवे प्रतिशत से कम होने पर चिकित्सक के पास तुरंत जाएं कोरोना टीकाकरण पूर्व सैनिक देश में पूर्व सैनिकों और सेवारत् सैनिकों के परिजनों को कोविड के टीके लगाने का काम अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है टीकाकरण की यह सुविधा सेना के अस्पतालों में उपलब्ध होगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है सेना के सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण से पहले चिकित्सा सुविधा केंद्रों का को विन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जाएगा और इसके बाद टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश एक दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे इंद्रधनुष सम्मान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने दुष्कर्म के आरोपियों को शीघ्र आजीवन कारावास की सजा दिलाने पर उत्कृष्ट विवेचकों को सुपर इंवेस्टिगेटर सम्मान से सम्मानित किया साथ ही बेहतर कार्य करने पर इंक्यावन पुलिसकर्मियों को इंद्रधनुष सम्मान प्रदान किया गया इस अवसर पर श्री अवस्थी ने कहा कि आरोपियों को जल्द सजा मिलने पर आम जनता का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ता है उन्होंने कहा कि घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस के तत्काल पहुंचने से सफलता अवश्य मिलती है वहीं महिलाओं के विरूद्ध अपराध होने पर ज्यादा संवेदनशीलता के साथ जांच की जानी चाहिए पुलिस बैंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की बयासवीं वर्षगांठ के अवसर पर आज राजधानी रायपुर और जगदलपुर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजधानी के बुढ़ातालाब परिसर में संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई साथ ही सीआरपीएफ की उपलब्धियों की जानकारी के अलावा लोगों को जागरूक तथा फिट रहने का संदेश भी दिया गया वहीं जगदलपुर के लालबाग मैदान में भी आज शाम आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम सामूहिक व्यायाम हथियार ड्रिल और हथियारों तथा विशेष उपकरणों का प्रदर्शन किया गया कार्यक्रम में सीआरपीएफ द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए दिए गए बलिदान और कार्यो के संबंध में वित्त चित्र का प्रदर्शन किया गया हमर ग्राम सभा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

घायल जवान को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से नागपुर ले जाया गया है मिली जानकारी के मुताबिक भामरागढ़ कोरपरसी के जंगल में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की टीम मौके के लिए रवाना हुई थी जवानों ने मौके पर पहुंचकर माओवादियों के हथियार बनाने वाले कारखाने को ध्वस्त कर दिया इसके बाद जवान वापस लौट रहे थे तभी माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें एक जवान घायल हो गया इधर बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर बयालीस हजार रूपये का इनाम घोषित था इसके खिलाफ विभिन्न थानों में पचास से अधिक स्थायी वारंट पंजीबद्ध है ईडी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रायपुर के कारोबारी सुभाष शर्मा और उनसे संबंधित समूह कंपनियों की लगभग साढ़े इकतीस करोड़ रूपये की संपत्ति अटैच की है ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत की है ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कारोबारी पर बैंकों से लोन के नाम पर करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है कारोबारी के खिलाफ विभिन्न कंपनियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये बैंकों से करीब साढ़े अड़तीस करोड़ रूपये का लोन हासिल करने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा भी एफआईआर दर्ज की गई है हादसा कोंडागांव जिले में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार तीन युवक शादी समारोह में शामिल होने के बाद फरसगांव की तरफ आ रहे थे इसी दौरान जैतपुरी लंजोड़ा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल टकरा गई इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं राजनादगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में मुख्य मार्ग पर पांगरी मोड़ के पास तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई दुर्ग मौत दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम बठेना में एक ही परिवार के पांच लोगों के शव संदिग्ध अवस्था में मिले हैं घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है त्रिभुवन पांडेय निधन छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर त्रिभुवन पांडेय का धमतरी में निधन हो गया राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा है कि स्वर्गीय पांडेय ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य लोगों को साहित्य से जोड़ना था उनकी रचनाएं नई पीढ़ी को सदैव प्रेरणा देती रहेंगी रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज वेस्टइंडीज और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच मैच खेला जा रहा है इस प्रतियोगिता के तहत कल खेले गए पहले मैच में इंडिया लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को दस विकेट से हराया बांग्लादेश की टीम द्वारा दिए गए एक सौ दस रनों के लक्ष्य को भारत ने बिना विकेट खोए हासिल कर लिया भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग ने नाबाद अस्सी और सचिन तेंदुलकर ने तैंतीस रन बनाए

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है

इन आरक्षकों पर एक आरोपी को छोड़े जाने का आरोप है राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल क्षेत्र के ग्राम करेलागढ़ की पहाड़ी के जंगलों में आग लगने से कई पेड़ जलकर नष्ट हो गए वन विभाग की टीम द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है